नई दिल्ली में कल भाजपा सांसदों की दो दिवसीय कार्यशाला के समापन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने सांसदों से ऐसी राजनीति करने का अनुरोध किया जिससे आम लोगों का कल्याण हो सके उन्होंने कहा कि देश और देश हित सर्वोपरि है सांसदों से सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी मतदाताओं तक पहुंचाने के लिए अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में पदयात्राएं करने को भी कहा गया है मख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर चंबा जिले के दौरे के दूसरे दिन आज चंबा में करोड़ों रुपये की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे इस बीच मुख्यमंत्री ने कल रात अन्तर्राष्ट्रीय मिंजर मेले की अंतिम व आठवीं सांस्कृतिक संध्या में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की अंतिम सांस्कृतिक संध्या में मशहूर पंजाबी गायक गुरदास मान ने दर्शकों का खूब मनारंजन किया मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर खेल कूद व सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया

सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए चिन्हित पंचायतों में प्री जनमंच शिविर आयोजित किये जा रहे हैं इसी कड़ी में बिलासपुर जिले के घुमारवीं में भी आज प्री जनमंच शिविर लगाया जाएगा श्रावण अष्टमी बिलासपुर के प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नैनादेवी में इन दिनों श्रावण अष्टमी मेलों की ध्रम है रोज़ाना बड़ी संख्या में हिमाचल सहित बाहरी राज्यों के श्रद्वालु माँ के दर्शनों के लिए श्री नैना देवी पहुंच रहे हैं कार्यकारी उपायुक्त विनय धीमान ने बताया कि श्रद्वालुओं की सुरक्षा व सुविधा के प्रख्ता प्रबंध किये गए हैं और मेले को सफल बनाने के लिए सभी अधिकारी व कर्मचारी प्ररी निष्ठा से कार्य कर रहे हैं मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं पिछले कुछ दिनों से मॉनसून की सक्रियता से प्रदेश के अधिकतर इलाकों में व्यापक वर्षा हो रही है निचले क्षेत्रों में बारिश के कारण कई स्थानों पर मक्की सहित अन्य फसलों को भी नुकसान पहुंचा है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकतर समाचार पत्रों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान को प्रमुखता दी है अमर उजाला का शीर्षक है सचिवालय में बाब्ओं की भर्ती के लिये बदलेंगे नियम मुख्यमंत्री ने गैर हिमाचलियों को नौकरी के लिये कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार पंजाब केसरी की सुर्खी है भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में शीघ्र संशोधन करेगी हिमाचल सरकार आगामी कैबिनेट की बैठक में होगी चर्चा दैनिक सवेरा टाइम्स के मुताबिक वीरभद्र सरकार ने बनाए बाहरियों को नौकरी देने के नियम हिमाचल दस्तक के शब्द हैं क्लास थ्री फोर पदों पर सिर्फ हिमाचली भर्ती होंगे पूर्व कांग्रेस सरकार की चूक के कारण हुई गलती जबकि दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा हैं अगले साल से स्कूल कॉलेजों में मनाई जाएगी परमार जयंती अमर उजाला की एक खबर है ऊना में तेल गैस की संभावना खोज शुरू सोलहसिंगी धार में ओएनजीसी ने शुरू की ड्रिलिंग अनुबंध कर्मियों के लिये बनेगा अब नया कानून शीर्षक से हिमाचल दस्तक लिखता है नहीं क्लेम कर पाएंगे वरिष्ठता और वित्तीय लाभ पंजाब केसरी लिखता है चम्बा का ऐतिहासिक मिंजर मेला सम्पन्न मुख्यमंत्री ने समापन शोभायात्रा में बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत दिव्य हिमाचल का शीर्षक है मुख्यमंत्री ने रावी में मिंजर प्रवाहित कर किया अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले का समापन दैनिक जागरण ने खबर दी है पढ़ो चाहे कम गणेश परिक्रमा में दम विज्ञान संकाय में लिखित परीक्षा में शून्य हो तो प्रेक्टिकल व असेसमेंट के नंबर करवा सकते हैं पास दिव्य हिमाचल लिखता है कश्मीर के हालात पर हिमाचल अलर्ट